मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से सबसे अधिक प्रमावित चार जिलों शिमला मण्डी कुल्लू और कांगड़ा में कल से रात्रि कफ्यु लगाने का निर्णय लिया गया है

एक अन्य अहम निर्णय में मंत्रिमण्डल ने राज्य में राजनीतिक रैलियों और जनमंच कार्यक्रम पर भी फिर से प्रतिबंध लगा दिया है

मंत्रिमण्डल ने नवगठित मण्डी सोलन और पालमपुर नगर निगमों के चुनाव धर्मशाला नगर निगम के चुनाव के साथ अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में करवाने का भी निर्णय लिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अधिकारियों का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल उनकी कार्यशैली को बल मिलेगा बल्कि राष्ट्र के पुननिर्माण में भी सहायता मिलेगी राज्यपाल आज राजभवन शिमला में उनसे मिलने आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आहवान किया राज्यपाल ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों को जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह भी दी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानून को सही तरीके से लागू करना चाहिए ताकि विकास से वंचित वर्ग और गरीब लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से अपने अनुभवों को भी सांझा किया मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपालरासू ने आज उपायुक्त शिमला कार्यालय के प्रांगण से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोबाईल बैन को हरि झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अभियान के तहत मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा अभियान के दौरान लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने और मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी

इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है पीआईबी सूचना व प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाईयों और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई पत्र सूचना कार्यालय चण्डीगढ़ में अतिरिक्त महानिदेशक पीआईबी उत्तर पश्चिम क्षेत्र देव प्रीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि जनआंदोलन के तीन घटकों फेस मास्क पहनना दो गज की दूरी और साबुन से बार बार हाथ धोने को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी है बैठक में विभिन्न मीडिया इकाईयों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी